राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आज प्रर्वी हिमालय में जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुकुल प्रवंधन विषय पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विश्व समुदाय से प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया भारतीय सांस्कृतिक विरासत में वन्य जीव और वनस्पतियो के महत्व को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती पर जीवन को बनाये रखने में जैव विविधता का उल्लेखनीय योगदान है इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षणार्थियो को प्रमाण पत्र वितरित किया

उन्होंने कहा कि हालही में अंडर ग्रेज़ुवेट यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षा में टाप टेन रैंक हासिल करने वाले राज्य के राजकीय महाविद्यालयो में एक मात्र तेजु ने स्थान हासिल किया है उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में शिक्षको और छात्रो के कठिन परिश्रम का ही परिणाम है की अनिनी से लेकर चांगलांग तक के छात्र उच्च शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय तेजु को वरीयता देते है महाविद्यालय के छात्रो द्वारा सौपे एक ज्ञापन के जवाव में मुख्यमंत्री ने इस वर्ष प्रशासनिक ब्लाक केम्पस के अंदर दो लेन की सड़क और अन्य बुनियादी विकास कार्य की मंजूरी का आश्वासन दिया तेजु में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरु करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बारे में निविदा जारी की जा चुकी है और उड़ान योजना के तहत दो निजी विमान सेवाए जल्द शुरु होंगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी एडवांस लेंडिंग ग्राउण्ड और एयरपर्ट को एयरक्राफ्ट सर्विस से जोड़ने पर विचार कर रही है मुख्यमंत्री ने जल विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता पूर्वी जोन के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी और तेजु मार्केट में स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया

दोरजी खांडू स्टेट कनवेंशन ईटानगर में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु और मध्यम उद्यमो को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल दीनदयाल उपाध्याय स्वावलम्बन योजना शुरु की लेकिन बैंको द्वारा लोन नही देने के चलते कई उद्यमी इसका लाभ नही उठा पाये उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक के साथ इस संबंध में एक समझौता किया है और उम्मीद है कि लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हथकरधा हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादो की अपार संभावनाए है और विश्व स्तर पर उत्पादो की आँनलाइन सेल की सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्थानीय उद्यमियो को आगे आना चाहिए

नामसाई जिले के टेंगापानी में बिल्डिग विद बम्बू विषय पर दस दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्य मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यो में बांस पर आधारित उद्योगो के माध्यम से स्वरोजगार की काफी संभावनाए है

प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विकास और समावेशन पर कम खर्च आता है नई दिल्ली में आज वित्तीय समावेशन सम्मेलन में श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डाँलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है आधार के बारे में श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार का बायोमीट्रिक डाटा सुरक्षित और संरक्षित है जिसमें कोई गड़बड़ी नही की जा सकती

उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में दो दिन के ज्ञान कुंभ के उद्घाटन अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार के नियम अपनाने और उनके चरित्र निर्माण में भी योगदान करें

इस अवसर पर स्थानीय नागरिको ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाया स्वास्थ्य शिविर में लोगो के स्वास्थ्य की निशुल्क जाच की गयी और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के अंतर्गत चालीस लोगो का पंजीकरण किया गया

आज का अधिकतम तापमान सत्ताइस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान शून्य दशमलव छह मिलीमीटर बारिस दर्ज की गई